अन्य सात आरोपियों को आजीवन कारावास

गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

उनके पैतृक गांव सुपौल के बलुआ बाजार में कल किया जायेगा अंतिम संस्कार आरा कोर्ट परिसर में विस्फोट मामले में स्थानीय अदालत ने मुख्य अभियुक्त लम्बू शर्मा को फांसी की सजा सुनायी है वहीं अन्य सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है इस मामले में कुल ग्यारह लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें से पूर्व विधायक सुनील पांडेय समेत तीन को अदालत ने वरी कर दिया था गौरतलब है कि तेईस जनवरी दो हजार पन्द्रह को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट की घटना में एक महिला की मौत हो गयी थी और कोर्ट हाजत की सुरक्षा में तैनात सिपाही अमित कुमार शहीद हो गये थे वहीं बम धमाके में बीस अन्य लोग जख्मी हो गये थे एके सैंतालीस राइफल और हैंडग्रेनेड बरामदगी मामले में फरार चल रहे मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के खिलाफ बाढ़ की अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है इधर सीआईडी ने इस संबंध में पटना पुलिस का प्रस्ताव मिलने के बाद गृह मंत्रालय को लुक आउट नोटस जारी करने के लिए अनुरोध पत्र भेजा है लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद सभी हवाई अड्डों को अलर्ट कर दिया जायेगा माना जा रहा है कि पुलिस आशंकित है कि अनंत सिंह नाम बदलकर किसी और जगह भागने का प्रयास कर सकते हैं इधर बाढ़ की स्थानीय अदालत ने वायरल ऑडियो मामले में अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है इसी मामले में गिरफ्तार अनंत सिंह के करीबी लल्लू मुखिया और रणवीर यादव को भी अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी कर्मी अब साठ साल की आय्र में सेवानिवृत्त होंगे गृहमंत्रालय ने कल जारी आदेश में इन कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयू को लेकर व्याप्त खामियां दूर कर दी गयी है चार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीमा सुरक्षा बल भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल में सिपाही से लेकर कमांडेंट पद तक के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु अब तक सत्तावन वर्ष थी एक रिपोर्ट बाईट गृहमंत्रालय का यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के जनवरी के आदेश के अनुपालन में आया है जिसमें सेवानिवृत्ति की अलग अलग आयु को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया था गृहमंत्रालय ने सभी पुलिस बलों से न्यायालय के आदेश के पालन में अपने नियमों में संशोधन करने को कहा है

इस दौरान पटना हवाई अड्डे पर राज्य सरकार के मंत्री मंगल पांडेय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचन्द्र मिश्र राज्यसभा सांसद डॉक्टर सी पी ठाकुर और डॉक्टर मिश्र के परिवार के लोग मौजूद थे डॉक्टर मिश्र का कल लंबी बीमारी के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था पार्थिव शरीर को बिहार विधानमंडल परिसर ले जाया गया जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद समेत विधायकों पार्षदों और अलग अलग दल के प्रमुख नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की कुछ देर के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में भी पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर और अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की इसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पार्थिव शरीर को पटना के शास्त्रीनगर स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है इनर्जी इंटरनेशलन के अध्यक्ष विजय नारायण झा ने डाक्टर मिश्र के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गहरा दुःख व्यक्त किया है डॉक्टर मिश्र के पुत्र नीतीश मिश्र ने बताया कि कल सुबह पार्थिव शरीर मुजफ्फरपुर दरभंगा और झंझारपुर होते हुए पैतृक आवास सुपौल के बलुआ बाजार ले जाया जायेगा जहां उनका अंतिम संस्कार किया जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदानों को याद किया यह दिन साम्प्रदायिक सदभाव और राष्ट्रीय एकता को बढावा देने के लिए सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अग्रवाई में अनेक संसद सदस्यों ने संसद भवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की इधर पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया

चन्द्रयान टू के चन्द्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद आज बंगलूरू में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर सिवन ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर सिवन ने कहा कि लैंडर विक्रम दो सितम्बर को ऑरबिटर से अलग हो जायेगा और चार सितम्बर को लैंडर चन्द्रमा की सतह के सबसे नजदीक पैंतीस किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जायेगा तीन दिन बाद सात सितम्बर को रात एक बजकर चालीस मिनट पर यान के चन्द्रमा की सतह पर उतरने का क्रम शुरू होगा तड़के चार बजे रोवर प्रज्ञान लैंडर से अलग होकर चन्द्रमा की सतह को स्पर्श करेगा

बाकि तीन देशों ने चन्द्रमा के इक्वेटर के पास अपना उपकरण उतारा था

सुधीन्द्रा आकाशवाणी समाचार बेंगलुरू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चंन्द्रयान दू के चन्द्रमा की कक्षा में प्रवेश करने पर इसरो की टीम को बधाई दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि यह चन्द्रमा की एतिहासिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कचरा फैलाने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग करने वाली चार सौ से ज्यादा कम्पनियों को नोटिस देकर बिक्री स्थल से प्लास्टिक कचरा संग्रह करने का निर्देश दिया गया है अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी पटना जिले के बिहटा में अपराधियों ने एक फाइनांस कंपनी के कर्मचारी से एक लाख आठ हजार रूपये लूट लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है इधर अररिया के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास मार्केट में अपराधियों ने सीएसपी संचालक के लगभग सात लाख रूपये चोरी कर लिये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएसपी संचालक की मोटरसाइकिल की डिक्की से दिनदहाड़े रूपयों की चोरी की गयी बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने फोकानिया और मौलवी का रिजल्ट जारी कर दिया है फोकानिया में छप्पन हजार से अधिक छात्र जबकि मौलवी में लगभग पच्चीस हजार छात्र उत्तीर्ण हुए हैं फोकानिया में शगुफ्ता परवीन जबकि मौलवी में मोहम्मद सलाउद्दीन ने राज्यभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पटना नगर निगम की आज बुलायी गयी बैठक के दौरान हंगामा हुआ सदस्य राजकीय शोक के दौरान निगम की बैठक बुलाने से नाराज थे कुछ सदस्यों ने सिटी मैनेजर को हटाये जाने पर भी नाराजगी जतायी पटना के दानाप्र नगर परिषद् के उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में वार्ड उनतीस के पार्षद् दीपक मेहता विजयी हुए हैं भागलपुर विश्वविद्यालय के पार्ट वन में नामांकन नहीं मिलने से आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा और तोड़फोड़ किया शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के छतौनी गांव में पोखर में डूबने से एक बालिका की मौत हो गयी गोपालगंज के मांझा थाना अंतर्गत गिरि पेट्रोल पम्प के पास गैस टैंकर और ऑटों की भीड़ंत में आठ यात्री घायल हो गये

अन्य सात आरोपियों को आजीवन कारावास

गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

उनके पैतृक गांव सुपौल के बलुआ बाजार में कल किया जायेगा अंतिम संस्कार